राजधानी शिमला सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों में पहुंचे सैलानियों के साथ स्थानीय लोग नव वर्ष के रंगारंग कार्यक्रमों में शामिल हुए शिमला के रिज मैदान पर बड़ी संख्या में लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनन्द उठाते रहे

विभिन्न इमारतों व होटलों को रंग बिरंगी रौशनी से सजाया गया था इधर राज्य के विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है नव वर्ष के मौके पर लोग विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं सभी मंदिरों को शानदार ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा समेत अन्य प्रबंध किये गए हैं शुभकामनाएं इस बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संतुलित व तीव्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार व लोगों के सहयोग से आने वाले समय में प्रदेश सभी क्षेत्रों में विकास की नई उंचाईयों को छुऐगा

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस के दामों में कमी और डॉलर के मुकाबले रूपये में मज़बूती के कारण गैस की कीमतों में कमी आई है

अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कल मंडी जिले की कड़कोह और लागधार राजकीय वरिष्ठ पाठशाला के सयुक्त वार्षिक समारोह की अध्यक्षता की इस अवसर पर उन्होंने गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई

जिला परिषद अध्यक्ष रमेश रोलवा ने कहा है कि इस योजना से महिलाओं को धुएं से होने वाली सांस और आंख के रोगों से निजात मिलेगी

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है नव वर्ष पर अमर उजाला की सुर्खी है बर्फबारी से हो सकता है नए साल का आगाज दिव्य हिमाचल का शीर्षक है सर्द फिज़ाओं के बीच गर्मजोशी से नव वर्ष का स्वागत पंजाब केसरी के शब्द हैं हिमाचल में न्यू ईयर सैलिब्रेशन बर्फबारी की उम्मीद

जबकि हिमाचल दस्तक के शब्द हैं आखिरकार बहाल हुई इक्डोल की मान्यता आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है अगस्ता वेस्टलैंड में सामने आया कांग्रेस का असली चेहरा

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से दैनिक भारकर लिखता है जीएसटी रिटर्न के लिए ट्रेंड होंगे कॉमर्स स्ट्रडेंट्स लर्निंग के साथ करेंगे अर्निंग हिमाचल दस्तक के अनुसार जीएसटी रिटर्न भरकर पैसा कमा सकेंगे कॉलेज स्टूडेंट

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय जानलेवा लापरवाही में बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि लापरवाही और नियमों की अनदेखी ही हादसे की वजह बनती है आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि नए साल में प्रदेश अनेक उपलब्धियों के साथ शिखर की ओर अग्रसर होगा मगर सरकार को अनेक चुनौतियों से जुझना होगा शीर्षक है नए साल में सरकार के सामने नई चुनौतियां